अधिकारियों को ऑक्सीजन की निर्बाध और सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

एक मई से दिये जायेंगे टीके प्रदेश में कोविड के मामलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी का सिलसिला जारी

मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बारिश का जताया पूर्वानुमान कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अधिकारियों को विभिन्न राज्यों में ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है श्री मोदी ने आज ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई में किसी तरह की रूकावट नहीं होनी चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संबंध में स्थानीय प्रशासन की भी भूमिका तय होनी चाहिए श्री मोदी ने संबंधित मंत्रालयों को ऑक्सीजन के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने के लिये नये तरीकों का पता लगाने को भी कहा उन्होंने ऑक्सीजन का तेजी से परिवहन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया बैठक में प्रधानमंत्री को जानकारी दी गयी कि कल राज्यों को छह हजार आठ सौ मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति की गयी है जो उनकी मांग से अधिक है इस बीच गृह मंत्रालय ने ऑक्सीजन का तेजी से परिवहन सुनिश्चित करने को लेकर नये दिशा निर्देश जारी किये हैं इसमें राज्यों से ऑक्सीजन कंटेनरों की आवाजाही पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाने को कहा गया है राज्य सरकारों से कहा गया है कि ऑक्सीजन उत्पादक कंपनियां अपने राज्य के अतिरिक्त दूसरे राज्य में भी ऑक्सीजन की सप्लाई कर सकती हैं इस पर राज्य सरकारें किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगा सकती हैं इधर देश भर में ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये भारतीय वायुसेना की भी सेवा ली जा रही है अठारह वर्ष से अधिक आयु वालों को कोविड का टीका लगाने के लिए पंजीकरण का काम अठाईस अप्रैल से शुरू होगा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ट्वीट में ये जानकारी दी है मंत्रालय ने कहा है कि इसके लिये कोविन पोर्टल चौबीस अप्रैल तक तैयार कर लिया जायेगा गौरतलब है कि देश भर में एक मई से अठारह वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण किया जायेगा सभी पात्र लोग कोविन पोर्टल कोविन डॉट जीओवी डॉट इन या आरोग्य सेतु एप पर पंजीकरण करा सकते हैं बिहार में अठारह वर्ष और इससे ऊपर की आयु के सभी लोगों को कोरोना का टीका निःशुल्क लगाया जायेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये घोषणा की है श्री कुमार ने एक ट्वीट में कहा कि राज्य सरकार अपने संसाधन से एक मई से अठारह वर्ष से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण करायेगी गौरतलब है कि राज्य में पूर्व से भी पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त टीका दिया जा रहा है राज्य में अब तक बासठ लाख सड़सठ हजार चार सौ इक्यानवे लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये जा चुके हैं पिछले चौबीस घंटे के दौरान पचहत्तर हजार छह सौ इकहत्तर लोगों को टीका लगाया गया इनमें पचपन हजार दो सौ ग्यारह लोगों को पहली डोज जबकि बीस हजार चार सौ साठ लोगों को दूसरी डोज दी गयी है इधर देश में अब तक तेरह करोड़ बाईस लाख लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है नई दिल्ली स्थिति राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर एके वार्ष्णेय ने कहा है कि जिन लोगों को पहले कोविड हो चुका है उन्हें भी वैक्सीन लगवानी चाहिए

मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि जिन लोगों को टीके की दोनों खुराक दी जा चुकी है उनमें संक्रमण के मामूली मामले मिले हैं डॉक्टर भार्गव ने कहा कि को वैक्सीन के एक करोड़ दस लाख टीके लगाए गए हैं तिरानवे लाख से अधिक लोगों ने पहला टीका लगवाया और इनमें से चार हजार दो सौ आठ लोगों में संक्रमण पाया गया जो कुल संख्या का मात्र शून्य दशमलव शून्य चार प्रतिशत है सत्रह लाख लोगों को कोवैक्सीन का द्रसरा टीका लगाया गया टीकाकरण के बाद इनमें से मात्र छह सौ पंचानवे लोग ही संक्रमित हुए जो बहुत कम संख्या है डॉक्टर भार्गव ने बताया कि कोविशील्ड टीके की ग्यारह करोड़ साठ लाख खुराक दी गई हैं दस करोड़ लोगों को यह टीका पहली बार लगाया गया जिनमें से करीब सत्रह हजार व्यक्ति संक्रमित हुए जो कुल संख्या का मात्र शून्य दशमलव शून्य दो प्रतिशत है दूसरी बार कोविशील्ड टीका लगवाने वालों में केवल शून्य दशमलव शून्य तीन प्रतिशत लोग ही संक्रमित हुए प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में अप्रत्याशित उछाल देखा जा रहा है पिछले चौबीस घंटों के दौरान ग्यारह हजार चार सौ नवासी नये मामले सामने आये हैं कल की तुलना में आज दर्ज मामलों में मामूली गिरावट आयी है सबसे अधिक पटना से दो हजार छह सौ तैंतालीस नये मामले सामने आये हैं संक्रमण के नये मामलों के मिलने के कारण स्वस्थ होने की दर में लगातार गिरावट आ रही है देश भर में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड के रिकार्ड तीन लाख चौदह हजार से अधिक मामले सामने आये हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संक्रमितों की संख्या एक करोड़ उनसठ लाख के आंकड़े को पार कर गयी है कल दो हजार एक सौ चार लोगों की मृत्यु हुई जो एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी संख्या है अब तक कोविड से एक लाख चौरासी हजार से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है स्वस्थ होने की दर घटकर चौरासी दशमलव चार पांच प्रतिशत रह गयी है पिछले चौबीस घंटों में एक लाख अठहत्तर हजार से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं

आईएमए ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत कई प्रमुख स्वास्थ्य संगठनों ने इस दवा को कोविड के इलाज में प्रभावी नहीं पाया है और इसकी कोई उपयोगिता नहीं है एसोसिएशन ने बिना कारण इस दवा के लिये मरीज के परिजनों को परेशान नहीं होने की अपील की है राज्य सरकार ने कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिये कई कदम उठाये हैं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि अब प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से लेकर सभी कोरोना जांच केन्द्रों पर मेडिकल किट रखी जायेगी पॉजिटिव पाये गये वैसे मरीज जिन्हें होम आईसोलेशन में रहने की सलाह दी जायेगी उन्हें तत्काल दवा और अन्य आवश्यक वस्तुओं से संबंधित मेडिकल किट उपलब्ध करायी जायेगी उन्होंने बताया कि अब डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की प्रतिनियुक्ति का अधिकार जिलाधिकारी को दिया गया है श्री अमृत ने बताया कि अनुमंडल स्तर पर आईसोलेशन सेन्टर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है इकतीस अनुमंडलों में तैंतीस आईसोलेशन सेन्टर का संचालन शुरू हो गया है इन सेन्टरों में दो हजार दो सौ संतानवे मरीजों के इलाज की व्यवस्था है प्रधान सचिव ने बताया कि आईसोलेशन सेन्टर की जिम्मेवारी वरिष्ठ चिकित्सा पदाधिकारियों को सौंपी गयी है सभी केन्द्रों पर दवाई और ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये गये हैं उन्होंने बताया कि सभी अनुमंडलों में क्वारेनटीन सेंटर चालू हो गया है सोनपुर रेल मंडल के साठ कर्मी कोविड संक्रमित पाये गये हैं इसे देखते हुए मंडल रेल कार्यालय और रेल कॉलोनी को सील कर दिया गया है सुपौल जिले के सुपौल निर्मली और वीरपुर नगर निकाय क्षेत्र में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने शनिवार और रविवार को आवश्यक वस्तुओं की दुकानें छोड़कर अन्य सभी दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है मुजफ्फरपुर और शेखपुरा जिला प्रशासन ने दुकानों को प्रतिदिन ऑड इवेन के आधार पर खोलने का फैसला किया है अब आवश्यक सामान की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें सप्ताह में तीन दिन खुलेंगी खगड़िया रेलवे स्टेशन के पास लगने वाले सब्जी बाजार को बाजार समिति मैदान में लगाया जायेगा इसके लिये जिलाधिकारी तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पटना जिले की सभी अदालतें एक मई तक बंद रहेंगी इस अवधि में सिर्फ रिमांड संबंधी कार्यों का निपटारा किया जायेगा बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय को पत्र लिखकर पटना के पुलिस अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाने की मांग की है एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने बताया कि इससे संक्रमित पुलिस कर्मियों के इलाज में सुविधा होगी सासाराम के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर उपेन्द्र कुमार वर्मा का कोविड से निधन से हो गया विधान पार्षद संतोष सिंह के पुत्र प्रिंस सिंह की कोरोना से मौत हो गयी है उनका दिल्ली के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था राज्य सरकार ने कोविड उन्नीस के संबंध में शिकायत सुझाव और परामर्श को लिए चौबीस घंटे सातों दिन कार्यरत एक हेल्प लाईन नम्बर एक शून्य सात शून्य जारी किया है इसके माध्यम से हर जिले में लोगों को जरूरत के आधार पर कोविड केयर सेंटर और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेन्टर में उपचार की सुविधा प्राप्त होगी इसके अलावा इस महामारी से बचाव के अन्य उपाय भी लोगों को बताये जायेंगे चक्रवाती हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज गरज के साथ बारिश हुई है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक दरभंगा में छब्बीस दशमलव छह मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी पूरबा हवा के चलने और बारिश होने से अधिकतम तापमान में चार से पांच डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गयी है

बक्सर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रसेन गांव में एक ट्रैक्टर के पलट जाने से एक युवक की मौत हो गयी जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया जमुई जिले के चरका पत्थर थाना क्षेत्र से पुलिस ने कुख्यात नक्सली नरेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है

अधिकारियों को ऑक्सीजन की निर्बाध और सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

एक मई से दिये जायेंगे टीके प्रदेश में कोविड के मामलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी का सिलसिला जारी

और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज तेज हवा के साथ हुई बारिश